भोपाल में और एक हफ्ते बंद रहेंगे धार्मिक स्थल

हालांकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ये सभी संस्थान चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे लोगों को मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने जैसे नियमों का पालन करना होगा सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी स्वयं करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा सभी रेस्तरां से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहित करें धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है

मंदसौर स्थित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी श्रद्दालु कल से दर्शन कर सकेंगे राजधानी भोपाल में धार्मिक स्थल कल से नहीं खुलेंगे कलेक्टर तरूण पिथोड़े का कहना है कि धार्मिक संस्थानों के प्रबंधकों ने तैयारियों के लिये और समय मांगा है अब इनके अगले हफ्ते खुलने की संभावना है खंडवा जिले में भी कल से जिनालयों को कल से श्रद्धालुओं के लिये खोल दिया जाएगा जबलपुर शहर में कल से फिर मैट्रों बस चलने लगेंगी

देश स्कूल मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि देश में स्कूल अगस्त तक खुलने की संभावना है

वहीं इनमें से छह हजार एक सौ आठ लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं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

नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जिले में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया